उन्होंने कहा कि तकनीकी मापदंडों को पूरा करने वाले स्थल की हवाई अड्डे के लिए अनुशंसा की जाएगी पुनियाल ने बताया कि बल्ह उपमंडल के नेर ढांग पधर के गोगराधार व बासाधार गोहर के मोवीसेरी और मंडी में नंदगढ स्थानों का टीम ने सर्वेक्षण किया मुख्यमंत्री ने केहा कि प्राधिकरण द्वारा जो भी स्थान हवाई अड्डे के निर्माण के लिए चयनित किया जाएगा उसके लिए राज्य सरकार समुचित भूमि उपलब्ध कराएगी उन्होंने कहा कि मंडी जिले में हवाई अड्डा बनने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा स्मृति ईरानी केन्द्रीय सुचना और प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि भारतीय मीडिया तेजी से बढ़ रहा है और डिजिटल दुनिया को चुनौती मानने के साथ ही बड़ा अवसर भी मान रहा है

उन्होंने आज के डिजिटिकरण के दौर में रेडियो की ताकत का जिक्र भी किया केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसे नियम बनाने की जरूरत है जिससे कोई एक चैनल मीडिया उद्योग पर हावी न हो सके

सरवीण चौधरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कांगड़ा ज़िला के नगरोटा सुरियां में रसोई गैस सिलेंडर फटने से घायल हुए लोगों का टांडा मैडिकल कॉलेज में कुशलक्षेम पूछा उन्होंने पीडितों को हर संभव सहायता देने और अस्पताल प्रबंधन को घायलों की उचित देखभाल के निर्देश दिए सिंघा माकपा नेता व विधायक राकेश सिंघा ने कहा है कि उच्च न्यायालय को गुमराह कर राज्य सरकार गरीब बागवानों पर कार्रवाई कर रही है आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि जमीन संबंधी दस्तावेजों को न देखकर निजी भूमि से सेब पौधों को काटा जा रहा है सिंघा ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार केवल तीन चार बीघा जमीन पर कब्जा करने वाले किसान बागवानों को उजाड़ने का कार्य कर रही है उन्होंने गरीब किसानों व बागवानों को न्याय दिलाने के लिए सभी पार्टियों व संगठनों की बैठक बुलाने की मुख्यमंत्री से मांग की है ताकि सभी की राय लेकर गरीबों के हित में समाधान निकाला जाए तोमर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता बलदेव तोमर ने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिरमौर जिले के नौहराधार में व्हाईट सीमेंट प्लांट मंजूर कर क्षेत्र के लोगो को बड़ा तोहफा दिया है एक बयान में उन्होंने कहा है कि प्लांट को स्थापित करने को लेकर लोगों द्वारा की जा रही राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है बलदेव तोमर ने कहा कि सीमेंट प्लांट स्थापित होने से हजारो युवाओं को रोजगार मिलेगा और प्लांट से मिलने वाली रॉयल्टी का उपयोग क्षेत्र के विकास पर किया जाएगा उन्होंने कहा कि सीमेंट प्लांट के कारण प्रभावित होने वाले परिवारों को मुआवज़ा भी दिया जाएगा

उन्होंने बताया कि इस वित्त वर्ष में योजना के लिए चार करोड़ रूपये आबंटित किए गए हैं कार्यक्रम लाहौल स्पिति जिले की रानीका पंचायत में आज उपायुक्त अश्वनी कुमार चौधरी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया उपायुक्त ने बताया कि कार्यक्रम का उददेश्य लोगों की समस्याओं का उनके घर द्वार पर समाधान करना है ताकि समय और धन की बर्बादी न हो उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कमार सक्सेना ने इस मौके पर कहा कि इस वित्त वर्ष में चार सौ मौन पालकों को चार हज़ार मौन बक्से वितरित करने का लक्ष्य है